स्वास्थ्य मंत्रालय नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने राज्यों में इस योजना की तैयारियों और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री को दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजाप्र जिले में आय्ष्मान भारत के तहत पहले स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र का श्भारम्भ किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपूर खीरी और गोंडा ज़िलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ और कटान के बारे में विस्तत जानकारी ली

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कोई कमी न रहने पाये उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को जरूरत के अनुसार खाना मुहैया कराया जाये तथा मवेशियों के चारे का बंदोबस्त सुनिश्चित किया जाये

उधर गोण्डा में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाइ दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने पालहापुर बाढ़ राहत केन्द्र पर अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्य तथा बाढ़ की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया श्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र सरकार बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों के प्रति गंभीर है और उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि गोण्डा और बलरामपुर जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए घाघरा नदी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया था लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से यह प्रयास सफल नहीं रहा श्री योगी ने कहा कि इन क्षेत्रों में जहां जहां तटबंधों की जरूरत होगी उनका निर्माण किया जायेगा प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित है वहीं तराई के कई ज़िलों में बाढ़ के पानी से सैकड़ों गांव घिर गये हैं गोण्डा जनपद की करनैलगंज और तरबगंज तहसील में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने और एल्गिन चरसड़ी बांध के एक हिस्से में कटान की वजह से लगभग पचास गांव जलमग्न हैं और एक लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है लगातार बारिश से फजाबाद ज़िले की रूदौली तहसील में उमापुर रेछघाट मार्ग का पुल धस गया है इस क्षेत्र में चालीस से ज़्यादा कच्चे मकान गिरने की ख़बर है इसके अलावा रूदौली की तराई के कई गांवों का सम्पर्क तहसील मुख्यालय से टूट गया है सोनभद्र में बलुई बांध के एक हिस्से में दरार आने से कई गांवों में पानी घूस गया है जहां एनडीआरएफ टीम राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात है बहराइच सहित तराई के कई ज़िलों में भारी और लगातार बारिश से सैकड़ों गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण की जोरदार वकालत की है

एटॉर्नी जनरल केके वेनुगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाना गलतियों को सुधारना है क्योंकि ये समूदाय एक हजार से अधिक वर्ष तक पीड़ित थे पीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या बारह साल पुराने उसके फैसले पर सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा फिर विचार करने की जरूरत है न्यायालय ने अपने फैसले में सरकारी नौकरियों में अनुस्चित जाति और जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर के मुद्दे पर विचार किया था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

केन्द्रीय ग्रहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ग्रामीण बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ है श्री सिंह आज लखनऊ ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त द्वारा सभी ऋण खाता धारकों के लिए शुरू की गई निःशुल्क आर्यावर्त दुर्घटना सहविकलांगता बीमा योजना का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं का खास महत्व है इससे गांव और गरीब के बीच विश्वास का भाव बढ़ता है गृहमंत्री ने कहा कि सभी सरकारों ने अपनी सोच और सामर्थ्य की बुनियाद पर ग्रामीण विकास के लिए काम किया है लेकिन केन्द्र की एनडीए सरकार ने पिछले चार सालों में इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है वित्तीय समावेशन को सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने आम आदमी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है श्री सिंह ने कहा कि इस समय देश में साढ़े इकतीस करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंकों में खाता है उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में पूरी दुनिया में बैंकों में जितने खाते खोले गये हैं उसमें पचपन प्रतिशत हिस्सा भारत का है श्री सिंह ने कहा कि अगर विकास की गति दो हजार तीस तक इसी तरह बरकरार रही तो भारत दुनिया की सबसे बडो अर्थव्यवस्था बन जायेगा जौनपुर ज़िले में एक सड़क हादसे में तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गये यह दुर्घटना कल देर रात मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के निकामद्दीनपुर गांव के पास उस समय हुई जब दशनार्थियों से भरा एक वाहन बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गया पुलिस सूत्रों ने बताया है कि यह सभी लोग वाराणसी से कौशाम्बी कड़ामानिकप्र देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा देना चाहती है वह आज दिल्ली में ईसाई समुदाय द्वारा संचालित एक शैक्षिक संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे

श्री नकवी ने छात्रों को विश्वास दिलाया कि सरकार सबका साथ सबका विकास के प्रति कटिबद्ध है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एक संवेदनशील विषय है राजनीतिक दलों को इस पर सियासत नहीं करना चाहिए श्री सिंह आज मेरठ में कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जो लोग नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं उन्हें भारतीय और घुसपैठियों में अंतर जरूर करना चाहिए विपक्षी दलों के गठबंधन के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी गठबंधन केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और भाजपा की स्पष्ट नीतियों के सामने टिक नहीं सकेगा भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एआईबीडी का दो वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया है

आकाशवाणी के महानिदेशक और कार्यकारी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष फय्याज शहरयार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया श्रीलंका का संस्थान का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है

प्रसारण क्षेत्र को सोशल मीडिया से मिल रही चुनौतियों के लिए तैयार करना और दानों में सामंजस्य रखने के लिए सदस्य राष्ट्रों को प्रशिक्षण सुविधाएं आदि मुहैया कराना इसके प्रमुख उद्देश्य होंगे केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के क्रम में स्थानीय भाजपा सांसद दद्दन मिश्रा ने बलरामपुर सदर विकासखंड के सिरसिया गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया इस अवसर पर उन्होंने गरीब लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किये श्री मिश्रा ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार गंभीरता से प्रयासरत है उन्होंने कहा कि लोगों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए